इसकी शुरूआत आज सुबह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश के साथ हई टेलीविजन पर दिये संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग लोगों को एकजुट करता है और वैरिवक भाइचारे का संदेश देता है उन्होंने कहा कि योग एकता की शक्ति के रूप में उभरा है यह किसी से भेदभाव नहीं करता तथा नस्ल रंग लिंग धर्म और देश की विभिन्नता के तमाम अंतर से ऊपर है प्रधानमंत्री ने कहा कि योग धरती को स्वस्थ और स्रक्षित बनाने की दिशा में सशक्त प्रयास है यह हमारे श्वसनतंत्र और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में विश्व योग की शक्ति और क्षमता को बेहतर ढंग से समझ रहा है कोरोना संक्रमित लोग योग का लाभ उठा रहे हैं कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अविक गंभीरता से महसूस कर रही है अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम से श्वसन तंत्र मजबृत होता है

हमारे रेस्पेरेट्री सिस्टम को स्ट्रॉग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम एक प्रकार से पापुलर भी है

योग की ये समी किवाएं हमारे रेस्पेरेट्री सिस्टम और इम्युनिटी सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करता है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस का विषय है घर पर योग परिवार के साथ योग उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यो के साथ योगाभ्यास करने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है उन्होंने लोगों से योग को एक दैनिक गतिविधि के रूप में अपनाने की अपील की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिव्स पर लोगों को बघाई दी है ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि योग विज्ञान विश्व के लिए भारत का सबसे बडा उपहार है श्री कोविंद ने कहा कि विशेष रूप से कोविड नाइन्टीन महानारी की स्थिति को ध्यान में रखते हए तनाव और संघर्ष के बीच योग से शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने और मस्तिष्क को शांत रखने में मदद मिलती है राष्ट्रपति ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि अधिक से अधिक लोग अपने जीवन में योग अपना रहे हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने योग को व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक आरोग्य के लिये महत्वपूर्ण बताया है छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्री नायडू ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस का विषय घर पर योग और परिवार के साथ योग कोविड नाइन्टीन संकट के दौर में सुरक्षित दूरी बनाये रखने की जरूरत को दर्शाता है प्रदेश में भी अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है आज सुबह सभी जिलों में लोगों ने अपने अपने घरों में योगासनों का अभ्यास किया योग दिवस की पूर्व संध्या पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑनलाइन सम्बोधन में लोगों से योग को अपना कर निरोग रहने की अपील की उन्होंने कहा कि योग से व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जिससे किसी भी वायरस के संक्रमण का खतरा कम हो जाता है देशभर में कोविड नाइन्टीन रोगियों के स्वस्थ होने की दर पचपन दशमलव चार नौ प्रतिशत हो गई है कोरोना वायरस से अब तक दो लाख सत्ताईस हजार सात सौ पचपन रोगी उपचार के बाद ठीक हुए हैं केन्द्रीयस्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ठीक हुए रोगियों की संख्या उपचार करवा रहे रोगियों की संख्या से लगभग अटटावन हजार अविक है पिछले चौबीस घंटे के दौरान करीब चौदह हजार कोविड नाइन्टीन रोगी उपचार के बाद ठीक हए मंत्रालय ने बताया कि इस समय लगभग एक लाख उनहत्तर हजार मरीजों का इलाज चल रहा है देश में कोरोना वायरस की जांच के काम में भी तेजी लाई गई है पिछले चौबीस घंटे में एक लाख नबे हजार से अधिक नमनों की जांच की गई अब तक अड़सठ लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी हैं मंत्रालय ने बताया कि कोरोना की जांच के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर सात सौ बाईस कर दी गई है जबकि दो सौ उन्सठ निजी प्रयोगशालाओं में भी कोरोना की जांच की जा रही हैं प्रदेश में आज लोगों ने सूर्यग्रहण देखा खगोलीय घटनाओं में रूचि रखने वालों के लिए यह एक विलक्षण घटना थी सूर्यग्रहण के दौरान अनेक लोगों ने अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों को नए सिरे से व्यवस्थित किया आईआईटी कानपुर एमएनएनआईटी प्रयागराज और बीएचयू आईएमसी सहित प्रदेश में कई संस्थाओं में रिंग आफ फॉयर की घटना का अध्ययन करने के लिए व्यवस्थाए की गई थीं वैज्ञानिकों की लोगों को इस खगोलिया घटना को नंगी आंखों से नहीं देखने की सलाह के चलते अधिकांश लोग अधिकांश समय अपने टीवी सेटों पर विपके रहे कुछ लोगों को चन्द्रमा की छाया के दुश्यों को अच्छी तरह और सुरक्षित ढंग से देखने के लिए दूरबीन सनग्लास और एक्सरे फिल्म का प्रयोग करते देखा गया हालांकि कई स्थानों पर आसमान में बादल छार्य होने के कारण लोगों को इस अवसर से वंचित और निराश होना पड़ा एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ